उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इनसानों और जानवरों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है

अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जायेगा किसान वार्ता किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में आठवें दौर की बातचीत होगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है तोमर ने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी

इस दौरान प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दी जाएगी

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने बर्ड फ्लू से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है बर्ड फ्लू का खौफ अब घरों में भी मिलने लगे मृत पक्षी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अप्रैल तक सताएगा बर्ड फ्लू वन विभाग ने जताई चिंता

पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखा है बर्ड फ्लू चिंता का विषय लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं जबकि हिमाचल दस्तक और आपका फैसला का एक जेसा शीर्षक है आज धर्मशाला में बर्ड पलू की समीक्षा करेंगे सीएम जयराम

पंचायत चुनाव पर अमर उजाला लिखता है तीन दिन जिस चुनाव चिन्ह से प्रचार किया अब वही अलॉट चंबा के भरमौर में चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था पर बड़ा सवाल

दैनिक भास्कर ने खबर दी है हिमाचल को सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो से मिलेगी कोरोना के टीके की पहली खेप स्कूल खोलने को लेकर पड़ोसी राज्यों की एसओपी का अध्ययन करेगी हिमाचल सरकार शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है

मौसम पर दैनिक जागरण ने लिखा है हिमस्खलन का खतरा कुछ दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगी अटल टनल

अजीत समाचार की एक खबर है मलिमठ बने हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश